मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्षी राजनीतिक दल जो देश का विकास नहीं चाहते हैं वे नये कृषि कानूनों पर किसानों को गुमराह कर रहे हैं मुख्यमंत्री आज अयोध्या में आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज में किसान सम्मेलन और कृषि प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर किसानों को सम्बोधित कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की प्रगति और समृद्धि का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है किसानों को खुशहाल और समृद्ध बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाये हैं आर नये कृषि कानून उसी दिशा में एक प्रयास है उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों की आय को दोगुना करन के लिए निरंतर प्रयासरत है

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि कानून लागू होने के बाद न ही एमएसपी समाप्त होगी और न ही मंडी समितियां उन्होंने बताया कि किसान भाई मंडी के बाहर कहीं भी अपनी उपज स्वेच्छा से अधिक दामों पर बेच सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत गोल्डन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के प्रत्येक पात्र परिवार को गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को इस कार्य की नियमित समीक्षा तथा मॉनिटरिंग करने के लिए कहा है

प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और जमीन से जुड़े वादों पर काब् पाने के लिए विशेष वरासत अभियान शुरू किया है ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन से जुड़े मुद्दों का समाधान करने के लिए यह अपनी तरह का पहला अभियान है हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य जमीन और संपत्ति की वरासत के नाम पर गांव वालों के शोषण को रोकना है

अभियान के अंतर्गत लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से वरासत का पंजीकरण करा सकेंगे ऐसे व्यक्ति जिनकी भूमि गांव में है लेकिन वह कहीं अन्य जगह रहते हैं उनके लिए तहसील स्तर पर विशेष काउंटर स्थापित किये गये हैं गौरतलब है कि तहसील तथा थाना दिवसों पर ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा शिकायतें भूमि संबंधी विवादों की ही आती है वरासत अभियान के बाद लोगों को उनके भूमि के उपयुक्त और सही प्रपत्र उपलब्ध हो जाएंगे जिससे न सिर्फ विवादों का निपटारा होगा बल्कि उन्हें बैंकों से ऋण मिलने में भी आसानी होगी इससे परिवारों और रिश्तेदारों के बीच भूमि विवादों के कारण उपजी आपसी दुश्मनी से भी निजात भिलेगी वहीं लोगों को न्यायालयों में पीढ़ियों तक चलने वाले विवादों से भी राहत मिल सकेगी एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ

आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री एक डाक टिकट भी जारी करेंगे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे

खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने बताया कि डिजिटल इंडिया अवार्डस के लिए प्रजेंटेशन आमंत्रित किये गये थे प्रस्तुत प्रजंटेशन को अवार्ड के लिये चूना गया है

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर सावधानी और सतर्कता बरती जाये मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि लखनऊ में विशेष ध्यान देते हुए काय योजना बनाकर उपचार व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाये मुख्यमंत्री ने सर्विलांस तथा कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के कार्य को सक्रियता से जारी रखते हुए मेडिकल टेस्टिंग को पूरी क्षमता से संचालित करने के भी निर्देश दिये

प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने आज लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक कोरोना संक्रमण की जांच की गई है

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आ रही है फिर भी सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है इस बीच प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के एक हजार दो सौ सैंतालीस नये मामले सामने आये हैं

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार के समग्र प्रयासों के कारण कोविड महामारी से निपटने के मामले में भारत हर क्षेत्र में अन्य देशों से बेहतर है एक मिलियन से डेढ मिलियन के बीच में रोज टेस्ट हो रहे हैं

केसिस पर मिलियन डेथ्स पर मिलियन टेस्ट पर मिलियन कोई भी पैरामीटर आंकड़े से दुनिया से कम्पेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि भारत बेहतर है